गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू में भारत पाक सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग की प्रायोगिक पॅरियोजना का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हिण्डौली में आयोजित जनसभा में अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया राजस्थान रोड़वेज कर्मचारियों की हड़ताल से बसों का संचालन बंद यात्रियों को हो रही भारी परेशानी

प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में देशभर में यह सप्ताह सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है

राज्यपाल कल्याण सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश भेजकर बधाई दी है प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर झालावाड़ में राजकीय खेल संकृल में विशेष शिविर लगा कर दिव्यागों को उपकरण वितरित किए गए राजसमंद में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए

स्मार्ट फेंसिंग में चौकसी निगरानी संचार और डाटा इकट्टा करने से जुड़े कई उपकरण इस्तेमाल किये जाते हैं इस प्रायोगिक योजना में लेजर संचालित बाड़ और टेक्नोलॉजी से संचालित अवरोध लगाये जाते हैं ताकि सीमा पार से घ्रसपैठ नहीं हो पाए

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा की विचारधारा ही सर्वोपरी है और विचारधारा के बूते पर ही पार्टी इस मुकाम तक पहंची है उन्होंने कहा कि बूथ कार्यकर्ता पार्टी की असली ताकत है उन्होंने दावा किया कि पार्टी अपने कामकाज के आधार पर फिर से सत्ता में आएगी

श्री रावत ने विधानसभा चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए की जा रही तैयारियां का जायजा लिया उन्होंने प्रदेश में चुनाव से जुड़े विभिन्न विषयों पर राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा की इस दौरान स्वीप प्रदर्शनी का भी उदघाटन किया किया

इस अवसर पर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में एमएसएमई उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने कहा कि राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है एमएसएमई सचिव नवीन महाजन ने कहा कि सरकार कलस्टर आधारित विकास योजना लागू कर रही है इस अवसर पर उद्योग रत्न हस्तशिल्प और निर्यात प्रस्कार प्रदान किए गए

इनके समर्थन में जयपुर में लो फ्लोर बसों के कर्मचारी भी हड़ताल पर है

भरतपुर बांसवाड़ा झालावाड़ चूरू सीकर प्रतापगढ और प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी हड़ताल का पूरा असर देखा गया

उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि आकाशवाणी समाचार अपनी साख के लिए जाने जाते है इस साख को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम सही और निष्पक्ष समाचार और सूचनाएं दें इसके लिए संवाददाताओं को विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों और स्थानीय अधिकारियों से निरन्तर संपर्क में रहने की जरूरत है चर्चा में पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक रीजन प्रज्ञा पालीवाल गौड आकाशवाणी जयपुर के उप निदेशक समाचार भरतलाल मीणा कार्यक्रम प्रमुख भीमप्रकाश शर्मा और पत्र सूचना कार्यालय के संयुक्त निदेशक प्रेम भारती ने भी भाग लिया

विश्वकर्मा को शिल्पकार और कारीगरों के देवता के रूप में जाना जाता है